प्रदेश ने कल अपना सत्तरवां स्थापना दिवस मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोई भी समाज या राष्ट्र अपने अतीत को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम छ बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की श्रेष्ठता की ताकत यहां की मौगोलिक और सामाजिक विविधता में निहित है गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों के कलाकारों जनजातीय कलाकारों एनसीसी कैडेटों एनएसएस स्वयंसेवकों और परेड में भाग लेने वाले अन्य लोगों के साथ कल में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फूल माला की तरह है जिसमें रंग बिरंगे फूल भारतीयता के धागे में पिरोये गये हैं उन्होंने य्वाओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करें और उनको पूरा करके उदाहरण प्रस्तुत करें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से नये भारत का निर्माण होगा यहां जितने भी यूवा साथी आएं हैं मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें चर्चा ही नहीं बल्कि खुद अमल करके उदाहरण पेश करें हमारे ऐसे ही प्रयास न्यू इंडिया का निर्माण करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता नये भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस के जरिए अनुशासन और सेवा की समृद्व परम्परा को देखकर करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित उन्चास बच्चों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारों के बजाय कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को सराहनाओं और उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि देश के प्रति आगे भी योगदान करने के बारे में सोचना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी समाज या राष्ट्र अपने अतीत को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकता उन्होंने कहा कि गौरवशाली परपराए हमें आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती हैं साथ ही पिछले अनुभव हमें राष्ट्र निर्माण के लिये नई योजनाओं के निर्माण में मदद भी करते हैं श्री योगी कल राज्य के सत्तरवें स्थापना दिवस पर लखनऊ के शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अट्ठारह अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया इन आवासीय विद्यालयों में निराश्रित बच्चों को नि शुल्क शिक्षा दी जाएगी

कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी उपस्थित रहीं उन्होंने देश विदेश में उत्तर प्रदेश को पहचान दिलाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया इस अवसर पर अवध शिल्पग्राम में तीन दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसका समापन छब्बीस जनवरी को होगा वर्ष उन्नीस सौ पचास में चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश अपने इस नाम के साथ अस्तित्व में आया था राज्य का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद लिया गया था प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर कल राज्य के सभी जनपदों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अलीगढ़ कन्नौज प्रतापगढ़ मिर्जापुर अमरोहा पीलीभीत बिजनौर बदायूं गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शनी का आयोजन कर लोगों को एक जनपद एक उत्पाद योजना समेत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकत्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी हमीरपुर में तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है शामली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा उपस्थित रहे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरूद्व पूरा अभियान झूठ पर आयारित है कल नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस कानून को लेकर अल्पसंख्यकों में अनावश्यक भय पैदा कर रहे हैं श्री जावड़ेकर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर नई दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन के समर्थन का भी आरोप लगाया श्री जावडेकर ने कहा कि यह कानून उन तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करेगा जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए थे श्री जावडेकर ने कहा कि इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छिनेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम छः बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे इससे पहले एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर साझा कर सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भी अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं देश भर में कल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया यह दिन केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दो हजार आठ से प्रति वर्ष मनाया जाता है इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की च्नौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मऊ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अमियान के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं और बेटियों को उनके अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी इस अवसर पर घोसी विधान सभा क्षेत्र के विधायक विजय राजमर भी उपस्थित रहे कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को शासन की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी जम्मू कश्मीर में केन्द्र का सप्ताह भर का विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम कल संपन्न हो गया इस महीने की अट्ठारह तारीख को शुरू हुए इस कार्यक्रम में छत्तीस केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के दोनों डिवीजनों के विमिन्न जिलों के साठ से अधिक स्थानों का दौरा किया इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना था केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की अपनी यात्रा के दूसरे दिन सोपोर का दौरा किया उन्होंने सीलू में पोहरूनाला के ऊपर एक सौ मीटर लंबे सस्पेंशन ब्रिज वाटरगाम में ट्रामा सेंटर रफियाबाद में तैंतीस किलोवाट सब रिसिविंग सेंटर विद्य्त केंद्र लाड्रा और पंजला और अन्य गांवों में अनेक पंचायतघरों सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया श्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार समी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने यह भी कहा कि बागवानी और पर्यटन जैसे आर्थिक क्षेत्रों का विकास कर उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा श्री प्रसाद ने सोपोर में बहुत जल्द एक इंडोर स्पोर्टस स्टेडियम को विकसित किए जाने की घोषणा की लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में बीडीसी और अन्य पीआरआई की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तिहत्तरवे और चौहत्तरवे संशोधन प्रमावी ढ़ंग से लागू किए जाएगे

यह दिवस देशवासियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का मुख्य विषय है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कई स्थानों पर नए मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र देकर उन्हें लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट पहचान मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर कल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया लखीमपुर खीरी बदायू पीलीमीत कुशीनगर मिर्जापुर सहित विभिन्न जिलों में पुलिसकर्मियों को लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शपथ दिलाई गयी

वह अट्ठानबे वर्ष के थे आज सुबह नौ बजे चुनार घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा श्री सिंह ने वर्ष उन्नीस सौ बयालीस के अँग्रेजों भारत छोड़ो आदोलन के दौरान कछवा के कम्बल घर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था इसके लिए उन्हें अंग्रेजी शासन ने जेल की सजा दी थी श्री सिंह डेढ़ वर्ष तक कारागार में निरुद्व थे